उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचन्द चौधरी ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे शपथ समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त राज्यपाल ने कहा कि सबको साथ लेकर विकास की गति को आगे बढ़ाने की दिशा में वे प्रयासरत्त रहेंगे उन्होंने कहा कि दक्षिण को उत्तर भारत से जोड़ने में पर्यटन की अहम भूमिका हो सकती है ऐसे में उनकी कोशिश रहेगी कि विभिन्न माध्यमों से दोनों क्षेत्रों को जोड़कर एकरूपता लाने का प्रयास किया जाए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार ओर नई तकनीकों की जरूरत पर बल दिया है मथुरा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पशुपालन और इससे संबंधित व्यापार की किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका रहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन मत्स्य और मध्मक्खी पालन में किए गए निवेश से किसानों की आमदनी में वृद्धि होती है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने खेती से जुड़े अन्य विकल्पों पर एक नया दृष्टिकोण अपनाया है

इस दौरान उन्होंने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरूआत भी की स्वच्छता इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी आज से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरूआत की गई है

केलंग में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के शुभारम्भ पर उपमण्डल अधिकारी कृष्ण चंद ने सभी से अभियान को सफल बनाने में सहयोग का आहवान किया मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए मनाली में आज मिनी कन्क्लेव का आयोजन किया

सदस्यों के साथ चर्चा में राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश विधानसभा देश की पहली उच्च तकनीक युक्त पैपरलैस विधानसभा है उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश अब ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन ई समिति सहित विधायकों के लिए मोबाईल ऐप्प जैसी आधुनिक ई प्रणाली पर कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि ई विधान एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है और इसके इस्तेमाल से कागज की भरपूर बचत हुई है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला में एक बैठक में बताया कि सरकार गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए अनेक योजनाए चला रही है

महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राष्ट्र निर्माण में बेहतर योगदान देने में सक्षम बनने के लिए युवा पीढी से नशे से दूर रहने का आहवान किया है मण्डी जिले में धर्मपुर के चोलथरा में आज तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया उन्होंने कहा कि खेलों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला बनरेडी में भी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया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 इसी कड़ी में शिमला में आज भाषण निबंध और सुलेख पर आधारित राज्यस्तरीय प्रतियोगिताएं करवाई गयीं

नमस्कार